केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश को स्वच्छ और क्शल सरकार दी है केन्द्रय मंत्री ने आर्थिक मंदी को वैश्विक मंदी का प्रभाव बताते हये कहा कि बैंको के विलय से अर्थव्यवस्था के विकास को नई गति मिलेगी केन्द्रीयजलशक्ति एवं सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने कहा है कि केन्द्र ने उन्चासी हजार करोड़ रूपये की लागत से एक करोड़ से अधिक जल संचय स्थल विकसित करने का लक्ष्य रखा है

उन्होंने कहा कि बंजर भूमि के साथ साथ हमें पानी की कमी की समस्या पर भी ध्यान देना होगा प्रधानमंत्री ने मरूस्थलीकरण को रोकने के बारे में संयुक्त राष्ट्र संधि में शामिल देशों के नेतृत्व में वैश्विक जल कार्रवाई एजेंडा बनाने का आहवान किया प्रधानमंत्री ने एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक पर रोके लगाने का अपना अन्रोध दोहराते हये कहा कि विश्व दवारा एकल उपयोग प्लास्टिक को अलविदा करने का समय आ गया है उन्होंने कहा कि यह स्वास्थ्य पर बुरे प्रभाव तो डालता ही है साथ ही ज़मीन को भी कृषि के लायक नहीं रहने देता प्रधानमंत्री ने प्लासिटक के पर्यावरण के अनुकल विकल्प विकसित करने के भारत के संकल्प को दोहराया श्री मोदी ने कहा कि पर्यावरण और जलवाय् जैव विविधता और भूमि दोनों को प्रभावित करते है यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि दुनिया जलवाय् परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव का समाना कर रही है उन्होंने कहा कि इसका प्रभाव जानवरों और वनस्पतियों की प्रजातियों में आई कमी में देखा जा सकता है जलवाय् परिवर्तन विभिन्न प्रकार के भूमि क्षरण का कारण बन रहा है

केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश को स्वच्छ और क्शल सरकार दी है उन्होंने कहा कि बजट सत्र के दौरान सर्वाधिक विधेयक पारित कर एक रिकार्डकायम किया गया

उनहोंने कहा कि मोदी सरकार ने तीन तलाक को सज़ा योग्य कानून बना कर मुस्लिम महिलाओं के साथ न्याय सुनिश्चित किया है तथा लैंगिक भेदभाव को दूर किया है उन्होंने कहा कि सरकार ने पोसको कानून में संशोधन कर बच्चों के अधिकारों की सूरक्षा की है केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था मे आई मंदी वैश्विक मंदी के प्रभाव के कारण है और सरकार इसे ध्यान में रखकर कई कदम उठा रही है उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के दस बैंको का विलय कर चारे बड़े बैंक बनायेगये है बैंको के विलय से उनका परिचालन सुगम होगा बैंको की ऋण देने की क्षमता और लाभप्रदता बढ़ जायेगी इस विलय से कर्ज देने की लागत भी होगी और अर्थव्यवस्था के विकास को नई गति मिलेगी

अग्नि और अतिरिक्त उधारी एवं तरलता पांच लाख करोड़ रूपये की होगी जिससे छोटे कर्जदारों को फायदा होगा श्रीमती हर सि मरत कौर ने कहा कि सरकार ने पूंजी बाज़ार में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए दीर्घकालिक और अल्पकालिक पूंजीगत लाभी पर बढ़े हये सरचार्ज को वापस ले लिया है स्टार्टअपस तथा उनके निवेशकों के लिए ऐंजल टैक्स के प्रावधान भी वापस लिये गये है

उन्होंने कहा कि प्रशासन में जवाबदेही व पारदर्शिता सुनिश्चित किया जाना सरकार की एक उपलब्धी है केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने हर वर्ग के लिये काम किया है पिछड़ वर्ग के लोगों को भी विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया गया है

इसके अलावा आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्म से गरीबों के लिए सुविधायें सुनिश्चित की गई है

सरकार द्वारा उठाये गये अन्य महत्वपूर्ण कदमों का जिक्र करते हये उन्होंने कहा कि सरकार ने पेनकार्ड की जगह आधारकार्ड के इस्तेमाल की इजाज़त दे कर जीएसटी और आय कर भरने वालों को बड़ी छट दी है

केंद्रीय जलशक्ति सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री रतनलाल कटारिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार जल संचय के लिये द्रगार्मी सोच के तहत कार्य कर रही है

उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक जल संचय के लिये नदियों को जोड़ने की परियोजना पर भी युद्वस्तर पर कार्य चल रहा है

नई दिल्ली में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक समारोह को सम्बोधित करते हये श्री प्रसाद ने कहा कि इसने पिछले वर्ष में एक करोड़ खाते खोले है और अगले एक साल मे पेमेंट बैंक को पांच करोड़ और खाते खोलने के लिए कार्य करने के निर्देश दिये है मंत्री ने कहा कि पोस्टल पोर्मेट बैंक की पहुंच वंचित वर्ग के लोगों के लिए और स्लभ होनी चाहिए

इससे पहले ेकेन्द्र ने इस संगठन को प्रतिबंधित कर दिया था